राज्यपाल सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यपालों से अनुरोध किया है कि युवाओं और छात्र समुदाय को जल सरक्षण की अच्छी आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करें उन्होंने जल से संबंधित परम्परागत तरीकों को प्रचारित करने का भी अनुरोध किया

श्री मोदी ने कहा कि सम्मेलन में जल जीवन मिशन पर चर्चा होना इस बात का परिचायक है कि सरकार जल संरक्षण और जल प्रबंधन तकनीकों को प्राथमिकता देती है जनजतीय क्षेत्रों के विकास का उल्लेरख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल और युवा विकास के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के समुचित उपयोग और प्रगतिशील योजनाओं को अपनाना होगा

अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कृषि आधरित अर्थव्यवस्था के विकास की पैरवी की श्री मोदी ने विश्वाविद्यालयों में उच्च स्तरीय अनुसंधान सुनिश्चित करने में राज्पालों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर आज उच्चतम न्यायालय सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय ने कल सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता से राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश करने और देवेन्द्र फडणवीस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने संबंधी राज्यपाल के पत्र आज सुबह साढ़े दस बजे तक न्यायालय के समक्ष पेश करने को कहा है

न्यायालय ने कहा कि मांगे गए दोनों दस्तावेज मिलने के बाद ही इस मामले में विचार किया जाएगा मंत्री दौरा परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत ने कल सागर शहर में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यो का जायजा लिया और उनके संबंध में जरूरी निर्देश दिये मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रस्तावित सागर दौरे के पूर्व श्री राजपूत ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को देखा और शीघ्र कियान्वयन के निर्देश दिये उन्होंने सागर के जिला अस्पताल की ऐतिहासिक इमारत को भोपाल के गौहर महल की तरह सुंदर स्वरूप देने पर जोर दिया उन्होंने सागर झील के संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिये

इस महोत्सव में सांस्कृतिक संध्या से लेकर विंटेज कार रैली जंगल सफारी सहित अनेक जल खेल गतिविधियां आयोजित की जाएंगी इसी कड़ी में ऐतिहासिक इमारतों पर पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के साथ साथ नई गतिविधियां भी षुरु की जा रही हैं इसके तहत लालबाग पैलेस में लाइट एंड साउंड शो शुरू किया जाएगा

साहित्य वाचन प्रदेश में चार हजार से अधिक शिक्षण संस्थाओं में गांधी जी की पुस्तक के वाचन कार्यक्रम में करीब साढ़े पांच लाख विद्यार्थियों ने गांधी साहित्य का अध्ययन किया है

इस दौरान किताब के सामूहिक वाचन के भी कार्यकम आयोजित किये गये

राज्य सरकार ने उनके निधन पर तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया है इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा और शासकीय आयोजन नहीं होंगे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने श्री जोशी के निवास पर पहॅचकर उनको श्रद्वांजलि अर्पित की श्री जोशी के पार्थिव शरीर को आज सुबह साढ़े नौ बजे प्रदेश भाजपा कार्यालय परिसर में अंतिम दर्शन के लिये रखा जायेगा यहां से श्री जोशी की देह को साढ़े दस बजे गृह नगर हाटपिपलिया ले जाया जायेगा जहां दोपहर तीन बजे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जायेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है

सामूहिक द्आ के साथ आज इसका समापन होगा देश विदेश से कई जमातें और हजारों लोग इस आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ भी कल इज्तिमा स्थल पहुंचे जहां उन्होंने इस आयोजन में शिरकत कर रहे लोगों का इस्तकबाल किया इस मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील भी मौजूद थे

इंदौर जिला मुख्यालय स्थित एमपी गर्ल्स बटालियन ने एनसीसी दिवस पर आमजन को जंगल बचाने का संदेष दिया इस अवसर पर कैडेट्स के लिए जल और वन संरक्षण विषय पर निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई कैडेट्स ने पोस्टरों के माध्यम से जंगल के वन्यप्राणियों को संरक्षित करने पर भी जोर दिया एनसीसी की छात्र इकाई ने एमवाय अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित किया भोपाल में एनसीसी दिवस समारोह में सैनिक अधिकारियों द्वारा कैडिट को मार्गदर्शन दिया गया और कैडिट ने अपने अनुभव साझा किये खंडवा में एनसीसी कैडेट ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की शपथ ली

मुख्य सचिव एसआरमोहंती ने कल ओरछा दौरे पर महोत्सव की तैयारियां की समीक्षा बैठक में जनवरी तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिये उन्होंने संचार नेटवर्क के अलावा सड़कों और पूलों सहित सभी जरूरी मूलभूत सुविधाओं का विकास करने को कहा श्री मोहंती ने प्रमुख पर्यटन स्थलों रामराजा मंदिर राजमहल चतुरभुज मंदिर सहित कई अन्य स्थानों का निरीक्षण किया

बोधि उत्सव रायसेन जिले में पर्यटन स्थल सॉची में महाबोधि उत्सव के दूसरे दिन कल संस्कृति मंत्री विजयलक्ष्मी साधौ पवित्र अस्थि कलशों को पूजन किया और देश की उन्नति की कामना की

दूसरे सेट में भारतीय खिलाड़ी करमन के चोट के कारण मैच से हट जाने के बाद चिहिरों को विजेता घोषित किया गया

इस दौरान हस्तशिल्प सामग्री की प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी

इस अवसर पर सिवनी में जिला भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधन के लाईव प्रसारण की व्यवस्था की गई है